उन्होंने बस अड्डे के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया बाद में सरवीण चौधरी ने जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा कर शेष समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर में श्री बालासुन्दरी मंदिर के भण्डारा हॉल के नवीनीकरण का लोकार्पण कर पौधरोपण भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाना और उनकी सेवा करना एक पुनीत कार्य माना जाता है ताकि शुद्ध पर्यावरण से लोगों का जीवन समृद्ध बन सके बिंदल ने पौधरोपण कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान देने का आहवान किया डुन्वेस्टर मीट उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार ने नई भारत में ब्राजील के राजदूत आंद्रे अरानहा कोरीएंडो लागो से नई दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट में आने का निमंत्रण दिया उन्होंने ब्राजील के राज्यों व हिमाचल प्रदेश के बीच आपसी सहयोग का करार करने और हिमाचल में निवेश की संभावना वाले कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी ब्राजील के राजदृत ने इस दिशा में कारगर कदम उठाने और इन्वेस्टर मीट में आने का आश्वासन दिया इस मौके उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन और सीआईआई के प्रतिनिधि मौजूद रहे इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली में प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया

अतिरिक्त मुख्य सचिव आर डीधीमान ने शिमला में सीमेंट उद्योंगो के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में उद्योगों को चीड़ की पत्तियों व लैंटाना से बनी ब्रीकेट्स ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि इससे जहां बहुमूल्य वन सम्पदा आग को आग से बचाने में मदद मिलेगी वहीं लैंटाना ग्रसित क्षेत्रों का भी सुधार हो सकेगा

उन्होंने बताया कि अब ये बैठक राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद सितम्बर माह में होगी जिसकी तिथि बाद में तय की जाएगी

अमर उजाला की सुर्खी है ऊना में आठ साल बाद रिकॉर्ड बारिश डीसी और एसपी दफ्तर हुए जलमग्न

दैनिक जागरण का शीर्षक है सड़क रेल व हवाई यातायात बाधित अजीत समाचार ने लिखा है कालका शिमला रेलवे ट्रैक मलबा गिरने से बाधित आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में आज से फिर भारी बारिश की चेतावनी सचिवालय में गैर हिमाचलियों की नियुक्ति से संबंधित खबर पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है ऊना सेंटर से आए सभी गैर हिमाचली क्लर्क क्लास थ्री फोर में बोनाफाइड की शर्त हटा दी है राज्य ने चंद्रयान दो की ऐतिहासिक लांचिंग का हिस्सा बने हमीरपुर के प्रीतम इसरो में दस साल से बतौर टेक्नीशियन दे रहे सेवाएं शीर्षक से खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है

इसी समाचार पत्र के अनुसार हिमाचल में सीमेंट उद्योगों में बायोमास का इस्तेमाल